वित्त मंत्री ने कल मुम्बई में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही उन्होंने कहा कि सरकार अगले वर्ष मार्च तक लगभग एक लाख चालीस हजार रिक्तियां भरने की योजना बना रही हैं

इस तेजी का कारण स्वर्ण भण्डार मूल्य में होने वाली वृद्धि है रिजर्व बैंक के ताजा आंकडों के अनुसार कल ये जानकारी दी गई

पाकिस्तानी जायरीन को रेलवे स्टेशन से बसों के द्वारा उनके ठहराव स्थल ले जाया गया ख्वाजा साहब की मजार पर राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से चादर पेश की जायेगी ये चादर कल रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट की अगुवाई में पेश होगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के तहत हनुमानगढ़ जिले के डबलीबास कृतुब कलस्टर में कृषक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी इस पर एक करोड़ रुपए की लागत आएगी प्रशिक्षण केंद्र में लाईब्रेरी हॉस्टल लैब और प्रेक्टिकल के लिए उपकरण लगाए जाएंगे

घायलों को महाराणा भूपाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है हादसा उदयपुर अहमदाबाद मार्ग पर पाटिया गांव के निकट एक कार खड़े कंटेनर से टकरा जाने से कार में सवार तीन दोस्तों की मृत्यु हो गई एक अन्य हादसे में जोधप्र से उदयप्र आ रही निजी बस अंबेरी के निकट बेकाबू होकर पलट गई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

पुलिस के अनुसार शराब की कीमत करीब एक करोड़ रूपये है पुलिस ने शराब परिवहन में उपयोग लाए जा रहे कंटेनर को जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है

मेल नर्स पर बच्ची के जन्म के समय दो हजार रूपये लेने और बाद में जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में दो हजार रूपये और मांगे जाने का आरोप है